इसमें अदालत ने कहा कि तत्कालीन हालात के मुताबिक राज्य विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने के राज्यपाल का आदेश सही था न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने मध्यप्रदेश फ्लोर टेस्ट पर अपना विस्तत आदेश पारित किया

खंडपीठ ने कांग्रेस के वकील अभिषेक मन् सिंघवी के इस तर्क को नामंजूर कर दिया कि राज्यपाल इस तरह का आदेश पारित नहीं कर सकते शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा के चालू सत्र के दौरान भी अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं

कोरोना प्रदेश प्रदेश में संक्रमित रोगियों की कुल संख्या पौने छह सौ तक पहुंच गई है

आज भी कई मरीजों की टैस्ट रिपोर्ट आने की संभावना है

इस बीच आज रायसेन में भी तीन कोरोना संक्रमित मिले हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने मरीजों की पहचान उन्हें अलग करना परीक्षण और उपचार की रणनीति अपनाई है मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि राज्य में कोरोना की जांच की सुविधाएँ भी लगातार बढ़ाई जा रही है

इन सभी मजदूरों के लिए खाद्यान्न और पैक्ड फूड की भी व्यवस्था की गई है

इस दौरान उपार्जन मनरेगा कार्य छोटी मोटी आर्थिक गतिविधियां आदि उन क्षेत्रों में की जाएंगी जहां संक्रमण नहीं है

इनकी रिपोर्ट आज देर रात तक प्राप्त हो जाएगी इससे तत्काल आवश्यक इलाज और उपाय करना संभव होगा

इस दौरान उन्होंने मंडियों में कोरोना से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं श्री चौहान ने कहा कि इस बार किसानों को मंडियों से बाहर भी सीधे व्यापारियों को समर्थन मूल्य पर अपना अनाज बेचने की सुविधा दी जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा है कि खरीदी के लिए किसानों को एसएमएस पर यह सूचना दी जाए कि वे किस दिनांक को तथा किस पारी में समर्थन मूल्य केन्द्रों पर अपनी फसल बेचने के लिए आएं इस बार किसानों को यह सुविधा दी जा रही है कि वे सौदा पत्रक के माध्यम से भी व्यापारियों को सीधे अपना अनाज बेच सकेंगे इसके अलावा किसान आईटीसी के खरीदी केन्द्रों पर भी अपनी उपज बेच सकेंगे कोरोना राहत प्रदेश में कोरोना के संकमण के बीच कई जगहों से सुखद खबरें भी सामने आ रही हैं इन्दौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना प्रभावित सात मरीजों का ईलाज कर कल उन्हें एमआरटीवी अस्प्ताल से डिस्चार्ज कर दिया गया

इसके अलावा भोपाल जबलपुर और ग्वालियर में भी मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है

जिसे विक्टोरिया अस्पताल से मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया जा रहा है